राज्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियोजन नीति वापस लेने का संकल्प जारी किया

राज्य में बदला मौसम का मिजाज कल कई जिलों में बारिश के साथ ओले पड़े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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे श्री मोदी पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में तेल और गैस तथा सड़क क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पिछले तीन सप्ताह में उनका पश्चिम बंगाल का यह दूसरा दौरा है श्री मोदी असम में सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से असोम माला का शुभारंभ करेंगे असोम माला राष्ट्रीय राजमार्गो और ग्रामीण सड़कों को परस्पर जोड़ने के साथ सभी तरह के परिवहन की निर्बाध सुविधा प्रदान करेगी श्री मोदी बिश्वनाथ और चराइदेव में स्थापित किए जा रहे दो मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का शिलान्यास भी करेंगे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में कल विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया इससे आम लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी हुई सड़कों पर वाहनों की लम्बी कतार लगी रही रांची को जोड़ने वाले विभिन्न राजमार्गो पर यातायात बाधित रहा रांची के बूटी मोड़ में किये गए सड़क जाम में राज्य के कृषि मंत्री बादल प्रत्रलेख भी शामिल हुए रांची के अलावा प्रदर्शनकारियों ने खूंटी सिमडेगा रामगढ़ हजारीबाग बोकारो कोडरमा पलामू लातेहार और गढ़वा आदि जिलों में भी सड़क जाम कर विरोध जताया राज्य सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बाद नियुक्तियों में स्थानीयता को प्राथमिता देने वाले दोनों संकल्प वापस ले लिया है इस फैसले के अनुरूप कार्मिक प्रशासनिक और राज भाषा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है सरकार के संकल्प में वैसी नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन रद्द करने की बात कही गयी है जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह संकल्प सोनी कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में जारी किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य प्रबंध निदेशकों के साथ कोविड टीकाकरण की प्रगति और स्थिति की समीक्षा की स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण पर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के काम की सराहना की

कई अन्य देशों ने इस लक्ष्य तक पहुंचने में साठ दिन का समय लिया श्री भूषण ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में तेजी लाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि इससे समूचे देश में टीकाकरण अभियान एक साथ आगे बढ़ेगा राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे उन लोगों का टीकाकारण सुनिश्चित करे जो को विन डिजिटल प्लेफॉर्म पर पहले से ही पंजीकृत हैं

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद गंभीर या किसी तरह के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है

अब तक एक करोड पांच लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है

भारत ने कोविड जांच की संख्या में बडी उपलब्धि हासिल की है

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल रांची के धुर्वा में छह सौ छप्पन एकड़ जमीन पर बन रही निर्माणाधीन स्मार्टसिटी का निरीक्षण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि रांची में बन रही स्मार्टसिटी राज्य के दूसरे शहरो के लिए मॉडल होगा इस मॉडल के अंतर्गत श्री शंकर ने सड़क स्ट्रीट लाईट ड्रेनेज सिवरेज यूलिटी डक्ट साइकिलिंग और फुटपाथ का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने स्मार्टसिटी में बन रहे कमांड कंट्रोल ऑफ कम्यूनेकेशन सेंटर और जूपमी भवन का भी दौरा किया रांची जिले के सभी अंचलों में कल भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन हुआ

रामगढ़ जिले के एक विद्यालय में कल विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव से संपर्क कर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत उन तक दे सकता है जिसके बाद प्रशासन के साथ मिलकर शिकायत का निष्पादन सुनिश्चित किया जाता है कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिकेश कुमार सिन्हा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री ओम प्रकाश सहित कई अन्य मौजूद थे गोड्डा जिले के कई प्रखंडों में विधिक जागरूकता शिविर का कल आयोजन किया गया इसमें विधिक शिविरों में केंद्रीय एवं राज्य के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी गई गोड्डा के प्रधान न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने पथरगामा में दीप प्रज्वलित कर कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कृत संकल्प है महिलाएं अपने प्रति हुए शोषण के लिए जिले में गठित डालसा में शिकायत दर्ज करा सकती है कार्यक्रम में उपस्थित गोड्डा नगर ठाक्रगंगटी पोड़ैयाहाट बोअरिजोर लल मटिया पथरगामा बसंतराय मेहरमा प्रखंडों में जज तथा अधिकारियों ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की शिविर में केंद्र सरकार की कई लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई हजारीबाग जिले के कई प्रखंडों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया लातेहार जिले के नेतरहाट के शैले हाउस में कल दो दिवसीय बसंत महोत्सव शुरू हुआ कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक रामचन्द्र सिंह ने दीप प्रज्जवलित कर किया इस कार्यक्रम में कई कलाकारों को आमंत्रित किया गया है जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे इसमें जिले के सभी पर्यटन स्थलों की तस्वीर भी लगाई गयी है कार्यक्रम के आयोजक तथा आरंभ फिल्म के निदेशक नंदकिशोर ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य लातेहार जिले के अंदर सभी पर्यटन स्थलों की जानकारी सैलानियों को देना है पर्यटन स्थलों से संबंधित एक लघु फिल्म भी बनाई गयी है जिसका प्रर्दशन इस महोत्सव में किया जायेगा चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रखंड में कल जिला प्रशासन ने जनता दरबार द्वारा आयोजन किया गया जिले के उपायुक्त दिव्यांशु झा ने बताया कि पहली बार इतने सुदूर इलाके में आम लोगों की सहायता के लिए इस तरह का आयोजन किया गया इस आयोजन के जरिए ग्रामीणों की पेंशन और राशन समेत कई समस्याओं का निपटारा मौके पर हुआ साथ ही आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारियां दी गयी साहिबगंज जिले के नगर भवन में कल विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर सह जिला स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया गया इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल कुमार किस्पोट्टा और जिला वन पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से किया इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को विधिक सेवाओं की जानकारी दी गयी साथ ही मेले में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाये गये

राज्य के विभिन्न जिलों में कल बारिश और ओले पड़ने के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में कायम चकवाती दबाव के कारण कल शाम रांची सहित डाल्टनगंज गढ़वा चतरा लातेहार कोडरमा और लोहरदगा में बारिश हुई सबसे अधिक बारिश डाल्टनगंज में शुन्य दशमलव एक मिलीमीटर दर्ज की गई बारिश के बाद हवा के बहाव के कारण ठंड भी बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी और मध्य क्षेत्र के तहत रांची डाल्टनगंज गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार लोहरदगा रामगढ़ गुमला बोकारो हजारीबाग और गिरिडीह में शाीत लहर चलने की संभावना है

राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने किसान आंदोलन के तहत देश और राज्य के विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम की खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है वहीं राज्य में कोरोना की स्थिति पर भी नजर रखी है दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर कृषि सुधारों के विरोध में चक्का जाम का दिखा छिट पुट असर शीर्षक को प्रमुखता से छापा है प्रभात खबर ने पहले पत्रे पर यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने का दिया निर्देश शीर्षक की खबर को प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर लिखा है हरियाणा पंजाब में पहिये थमे झारखंड में बेअसर इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है